प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने राष्ट्रीय कैडिट कोर एनसीसी के मूल आदर्श एकता और अनुशासन की महत्ता बताते हुए राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका की सराहना की है श्री नाईक आज लखनऊ में एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यकम को सम्बाधित कर रहे थे इस अवसर पर गोमती रिवर फ्रंट पर एनसीसी रैली का आयोजन किया गया उन्होंने कैडिटों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके द्वारा किये जा रहे सामाजिक कार्यो की प्रशंसा की उन्होंने कैडिटों और अधिकारियों को अपने कार्य को और बेहतर बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहने का आहवान किया इससे पूर्व कल राष्ट्रोय कैडिट कोर एनसीसी दिवस के अवसर पर लखनऊ में एनसीसी निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल एकेसप्रा ने शहीद स्मारक पर प्रष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी श्रद्धांजलि समारोह में प्रदेश के सभी जनपदों से लाई गई मिट्टी और नदियों का जल शहीदों को समर्पित किया गया स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्य सरकारों से लोगों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा है श्री चौबे ने आज नई दिल्ली में नौंवे भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर यह बात कही तमिलनाडु में छह लाख से अधिक लोगों ने अंगदान किया है और इस तरह देश में अंगदान को बढ़ावा दिया जा रहा है सुनील अरोड़ा देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे वे ओम प्रकाश रावत का स्थान लेंगे जो शनिवार को सेवानिवृत हो रहे हैं सूत्रों ने बताया कि श्री अरोड़ा की नियुक्ति की अधिसूचना जल्दी ही जारी की जाएगी गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाकर और पूर्व चेतावनी देने की आधुनिक प्रणाली के जरिये प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की आधी लडाई जीत ली जाएगी नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्थापना दिवस पर श्री रिजिजू ने कहा कि मानव गतिविधियों से पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है और जलवायु परिवर्तन की तथा आपदाओं से निपटने की चुनौतियां बढ़ी हैं उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय आपदा खतरों को कम करने में भारत की अनदेखी नहीं कर सकता क्योंकि वह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक योजनाओं पर काम कर रहा है रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को अनुसंधान और विकास में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के कार्य पर फिर से ध्यान केन्द्रित करना चाहिए आज नई दिल्ली में रक्षा क्षेत्र में बौद्धिक संपदा संबंधी पहल को बढ़ावा देने के लिए मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति का शुभारंभ करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य् रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भता बढ़ाना और टैक्नोलोजी के लिए विदेशी कम्पनियों पर निर्भरता कम करना है

हिसइस उपग्रह को इसरो ने विकसित किया है प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम के लिए केन्द्र से प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि में से चौवन करोड़ तिरान्नबे लाख छप्पन हजार रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है केन्द्र अंश की कुल धनराशि बयासी करोड़ सैतालीस लाख अट्ठासी हजार रूपये है स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही खर्च की जाये गी प्रदेश में अब तक लगभग दो लाख बान्नब हजार मीट्रिक टन धान की खरीद कय केन्द्रों के माध्यम से की गयी है सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि खरीफ कय वर्ष दो हजार अट्ठारह उन्नीस में मूल समर्थन योजना के अन्तर्गत धान कय केन्द्रों के माध्यम से खरीद की गयी इस खरीद से तैतालीस हजार आठ सौ छत्तीस किसान लाभान्वित हुए हैं किसानों के खातों में पांच सौ बारह करोड़ तैतोस लाख रूपये का सीधे भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से भेजा गया है प्रदेश में जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा छह और नौ में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की तारीख तीस नवम्बर है जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर के प्रधानाचार्य तेजसागर ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं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

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदशों को स्कूल बैग के वजन और पढ़ाने के तरीकों को सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार करने के निर्देश दिये हैं मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को पत्र भेजा है इन निर्देशों के अनुसार पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा निदंश के अनुसार छात्रों को अतिरिक्त किताबें अतिरिक्त सामग्री और स्कूल बैग के वजन को निर्धारित सीमा से अधिक नहीं बढ़ाने के लिए कहा जाना चाहिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केन्द्रीय अन्तर स्थलीय मात्सयिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा आज मिर्जापुर में गंगा नदी पर रामगया घाट पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का कार्यकम आयोजित किया गया इस अवसर पर गंगा में विलूप्त हो रही मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण और संवद्धन के लिए दस हजार देसी प्रजाति की कटला रोहू मरगाल जैसी मछलियों के बीजों को रैचिंग कार्यकम के तहत गंगा में डाला गया विभिन्न प्रकार के रसायनों और गंदगी के चलते मछलियों की संख्या में तेजी से कमी हो रही है इससे मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा कम होगा साथ ही पारिस्थितिकी संतुलन के तहत गंगा को निर्मल बनाने में सहायता मिलेगी केन्द्र सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिये प्रतिबद्ध है इस क्षेत्र में रेल का विद्युतीकरण किया जा रहा है जिसके लिए कल परीक्षण किया गया हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट झांसी इलाहाबाद झांसी बांदा कानपुर रेल लाइन के विद्युतीकरण कार्य योजना के तहत हरपालपुर रेलवे स्टेशन से खैरार जंक्शन तक इलेक्ट्रिक इंजन दौड़ाकर ट्रॉयल किया गया मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेल एकेजैन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पर्यावरण अनुकूल सेवा एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ कृषि क्षेत्र के नये बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जा रहा है डीआरएम झांसी एके मिश्रा ने बताया कि झांसी मानिकपुर मार्ग का दोहरीकरण के कार्य में भी तेजी लाई जा रही है जल्द ही दोहरीकरण होने से इस मार्ग पर रेल यातायात तेज होगा अमित श्रोतीय आकाशवाणी समाचार महोबा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के पौत्र सेवानिवृत जस्टिस गिरधर मालवीय को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का नया कुलाधिपति बनाया गया है कल केन्द्रीय कार्यालय समिति की बैठक में श्री मालवीय के नाम पर सदस्यों ने सर्वसम्मति से सहमति जतायी जस्टिस मालवीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में तैनात रहे थे सहारनपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह एक निर्माणाधीन पुल का लोहे का जाल गिरने से दो लागों की मौत हो गयी तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभू ने बताया कि खुमरान के पास लोहे का पुल बिछाया जा रहा था उसी समय अचानक लोहे का जाल नीचे गिर गया शासन ने इस मामले की जांच के आदेश दिये हैं

पक्का आवास मिलने से उनके सपने पूरे होते दिखाई दे रहे हैं हमारी बरेली प्रतिनिधि अंजुम नाजिया की एक रिपोर्ट बरेली जिले में अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ शहरी जनता को मिलने लगा है शहर में इस योजना के तहत आठ हजार तीन सौ चौवन लोगों को आवास मिलने हैं जिनमें से चार सौ लोगों को आवास मिल चुके है और शेष निर्माणाधीन है